इनमें टुटू में खंड विकास अधिकारी कार्यालय धामी में संयुक्त कार्यालय भवन सुन्नी में आईटीआई भवन व बस स्टैंड के उदघाटन शामिल है

जयराम ठाकुर ने कहा कि इस हैल्प लाईन पर फर्जी कॉल और झूठे आरोप लगाने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की बेहतर समन्वय से प्रदेश का तीव्र विकास सुनिश्चित हुआ है भारत बंद नए कृषि कानून को वापिस लिए जाने की मांग को लेकर किसान संगठनों के समर्थन में विपक्षी पार्टियों के आहवान पर भारत बंद का प्रदेश में आंशिक असर रहा राज्य के सभी जिलों में अधिकांश बाजार खुले रहे बंद के दौरान हालांकि विपक्षी दलों ने जगह जगह प्रदर्शन कर कृषि विधेयकों को वापिस लेने की मांग की कांग्रेस द्वारा शिमला में किए गए प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि केंद्र सरकार ने जल्दबाजी में विपक्ष व किसान नेताओं से विचार विमर्श किए बगैर कृषि कानून लागू किया उन्होंने कहा कि सरकार औपचारिकता के लिए किसानों के साथ वार्ता कर रही है राठौर ने कहा कि कांग्रेस इस आंदोलन में किसानों के साथ खड़ी है और किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी इस बीच किन्नौर में भी जिला कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में रैली निकाली और सरकार से कृषि कानून वापिस लेने की मांग की सोलन में कांग्रेस व सीपीआईएम सहित अन्य राजनीतिक दलों ने रैली व धरना प्रदर्शन किया कांग्रेस सेवादल ने भी शिमला में किसानों के सर्मथन में मौन प्रदर्शन किया और एडीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपक्षी दलों द्वारा समर्थित भारत बंद के आहवान को पूरी तरह से असफल बताया है उन्होंने कहा है कि इस बंद का हिमाचल में कोई भी असर नहीं हुआ और कांग्रेस व सीपीएम नेताओं सड़क अवरूद्द करने की कृछ घटनाओं को छोडकर प्रदेश में यातायात पूरी तरह से सामान्य रहा मुख्यमंत्री ने कहा है कि विपक्ष के नेता आम जनता का समर्थन हासिल करने में नाकाम रहे जयराम ने कहा है विपक्षी पार्टियां राजनीतिक रूप से सकिय रहने के लिए ही इस मुददे को उछालने का प्रयास कर रही है राजेन्द्र गर्ग खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग ने कहा है कि भारत बंद पूरी तरह से असफल रहा है और लोगों ने बंद को नकार कर केंद्र द्वारा किसान हित में लिए गए फैसलों को स्वीकार किया है घुमारवीं में जन सुनवाई के बाद उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल अपनी खोई हुई जमीन तलाशने के लिए किसानों को भ्रमित कर रहे हैं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले रही है पठानिया वन मंत्री राकेश पठानिया ने भी भारत बंद को असफल करार दिया है एक बयान में उन्होंने कहा है कि कृषि कानून पूरी तरह किसानों के हित में है और जनता ने बंद को अस्वीकार किया है उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां अपने निजी हितों की पूर्ति के लिए किसानों को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रही हैं जम्वाल प्रदेश भाजपा ने कृषि बिल को किसान के हित में बताते हुए कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियों पर अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है शिमला में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी महासचिव त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि हिमाचल में भारत बंद का कोई असर नहीं रहा और केवल नाम मात्र के लिए धरना प्रदर्शन किया गया उन्होंने कहा कि नए कृषि सुधार कानूनों से किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी पार्टी महामंत्री त्रिलोक कपूर ने कहा है कि विपक्षी दलों के भारत बंद के आहवान को जनता ने नकारा है उन्होंने कहा कि जनता व किसान केन्द्र सरकार के साथ हैं इसी कारण भारत बंद विफल रहा वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज ऊना जिले में हरोली के कोविड सेंटर में जाकर कोरोना संक्रमितों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया

उन्होंने बेहतर सुविधाओं के लिए स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन की सराहना की कंवर ने कहा कि विपक्ष अपनी बयानबाजी से सिर्फ लोगों को हतोत्साहित कर रहा है उन्होंने लोगों से कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने का आहवान भी किया गोविंद शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कुल्लू जिले में कोरोना मरीजों का मनोबल बढ़ाने के लिए डॉक्टरों व अधिकारियों को मरीजों से हर रोज़ संवाद करने के निर्देश दिए हैं कुल्लू में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि मरीज़ों से किए जाने वाले वार्तालाप का प्रचार प्रसार मीडिया के माध्यम से भी किया जाना चाहिए उन्होंने कोविड केयर केन्द्रों में सफाई व्यवस्था सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को सरकार द्वारा कोरोना को लेकर जारी दिशा निर्देशों के शत प्रतिशत अनुपालना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गोविंद ठाकुर ने कहा ज़िले में हिम सुरक्षा अभियान जोरों पर हैं जिसके माध्यम से सक्रिय मामलों व गंभीर बीमारियों का पता लगाने में मदद मिल रही है

अवस्थी ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है

मौसम प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पिति में आज सुबह से रूक रूक कर हिमपात हो रहा है जिला प्रशासन ने सैलानियों को संवेदनशील इलाकों की ओर न जाने की सलाह दी है प्रशासन द्वारा जारी एडवाईजरी के मुताबिक पर्यटकों को सिस्सु से शाम पांच बजे तक मनाली लौटना होगा इसके बाद आवाजाही करने वाले पर्यटक वाहनों को अनुमति नहीं दी जाएगी राजधानी शिमला व इसके आसपास के क्षेत्रों में आज मौसम आमतौर पर साफ रहा इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा व हिमपात जबकि निचले मैदानी इलाकों में मौसम के साफ रहने की संभावना जताई है अविनाश राय प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा है कि पार्टी बूथ स्तर पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों से संपर्क अभियान शुरू करेगी एक बयान में उन्होंने कहा है कि मेरा बूथ कांग्रेस मुक्त बूथ के लक्ष्य को लेकर भी पार्टी कार्यकर्ता काम करेंगे उन्होंने कहा कि भाजपा के पास सशक्त नेतृत्व है और आने वाले समय में पार्टी और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी अंत्येष्ठी सियाचीन ग्लेशियर पर डियूटि के दौरान बर्फीली खाई में गिरने से शहीद हुए सैनिक बिल्जन गुरंग की आज सोलन जिले के सुबाथु में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्ठी की गई स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कृतज्ञ प्रदेश वासियों की ओर से शहीद सैनिक को श्रद्वांजलि अर्पित की इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बिल्जन गुरंग के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है